उन्होंने चौरी चौरा शताब्दी को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी की

दवाई भी और कड़ाई भी यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि चौरी चौरा की घटना अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ ग़स्से की सामुहिक अभिव्यक्ति थी श्री मोदी ने कहा कि चौरी चौरा के शहीदों का बदिलान अमर है लेकिन उन्हें इतिहास मे उचित स्थान नहीं दिया गया प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोहों के उदघाटन अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने इस अवसर पर चौरी चौरा शताब्दी को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी की प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देश की एकता आत्मनिर्भर भारत अभियान का मूल आधार है

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महामारी के काल में देश दवारा की गई कोशिशों से स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मायें अवश्य ही गर्व महसूस कर रही होगी

उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले निकाय कर्मी सफाई कर्मचारी प्लिस नगर रक्षा कर्मचारी जेल कर्मचारी पंचायती राज संस्थायें एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल होंगे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों के प्रयासों से सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है और महामारी के दौर में भी इस आत्मनिर्भर है उन्होंने राज्य के लोगों से कहा कि वैक्सीन लेने में वो किसी प्रकार का संकोच न करें और टीकाकरण के लिए आगे आये इस दौरान ग्रूग्राम के प्लिस आयुक्त के के राव और उपायुक्त डॉ यश गर्ग सहित अनेक अधिकारियों को भी कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया

पंचकुला प्लिस मुख्यालय में टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण की श्रूअआत करते हथे पुलिस महानिदेशक ने कहा कि इस चरण में हरियाणा पुलिस व होमगार्ड के जवानों का टीकाकरण किया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्लिस के जवानों में टीका लगवाने का भय न हो इसलिए उन्होंने खूद पहले टीका लगवाया है श्री यादव ने कहा कि यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और आज पूलिस मुख्यालय में मौजूद सभी आईपीएस अधिकारियों ने यह टीका लगवाया है

इस मौके पर नोडल अधिकारी डॉ योगेश मलिक ने कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद ब्खरा होना एक सामान्य प्रक्रिया है हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश सरकार की द्रगामी एवं आशावादी के कारण राज्य में नागरिक विमानन क्षेत्र में क्रांति आई है और आने वाले समय में हरियाणा इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभायेगा

साथ ही विमानों की म्रम्मत एवं रख रखाव के लिए तीन विशाल हैंगरों का निर्माण जल्द पूरा हो जायेगा उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में दो सामानांतर रन वे विशाल टर्मिनल भवन एवं कार्गो पोर्ट का निर्माण किया जायेगा श्री चौटाला ने कहा कि इस परियोजना से हवाई प्रशिक्षण संचालन मरम्मत के क्षेत्र में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे हरियाणा के शिक्षा वन एवं पर्यटन मंत्री श्री कंवरपाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए प्रगतिशील किसान सम्मान योजना आरम्भ की है श्री कंवरपाल आज जगाधरी स्थित अपने आवास पर बीजेपी पदाधिकारियों से सरकार की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे

उन्होंने बताया कि प्रगतिशील किसानों के माध्यम से किसानों को कृषि की सर्वश्रेष्ठ तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा

इस कार्य को गति देने के लिए किसान मित्र योजना भी आरम्भ की गई है

हरियाणा में आज विश्व कैंसर दिवस का पर कई जगह जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

अम्बाला के सिविल सर्जन डॉ क्लदीप सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा लोगों को कैंसर बारे जागरूक् किया गया

समय रहने कैंसर का पता लगाने से रोगी को जल्द ठीक किया जा सकता है इस मौके पर आज पलवल में अपना ब्लड बैंक में लोगो को कैंसर की बीमारी के प्रति जागरूक् किया गया डा प्रशांत गुप्ता ने कहा कि शरीर में कोई भी गांठ अगर लगातार अपना आकार बदल रही है और शरीर में फैल रही है तो वो कैंसर हो सकती है वहीं आज पलवल के एम वी एन विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग के छात्र व छात्राओं ने विभिन्न विभागों में जाकर कैंसर के बारे जागरूकता फैलाइ और कैंसर की रोकथाम व उपायों के बारे में भी जानकारी दी पंचकल्ग के शहीद सिपाही पृथ्वी सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रत्तेवाली में लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक्ता फैलाने की शपथ दिलाई गई